बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों में पूरी प्रक्रिया का विवरण जारी किया जायेगा गौरतलब है कि शिक्षक बहाली को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार ने पचास वर्ष से अधिक आय् के अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने के लिये विशेष समिति का गठन किया है यह समिति ऐसे सरकारी कर्मियों के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी समूह क के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिये गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जबकि समूह ख ग और अवर्गीकृत श्रेणी के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिये गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संकल्प जारी कर दिया है इस संकल्प के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये दिव्यांगों को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा इस संबंध में शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिया है राजद कांग्रेस लोजपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज भाजपा में शामिल हो गये पूर्व सांसद सीताराम यादव रामदेव मांझी पूर्व विधायक नगीना देवी दिलीप यादव पटना नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा कुमारी और पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता समेत इक्कीस नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और रामसूरत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार होगा आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस कोविड उन्नीस के टीके की खोज के लिए जाना जायेगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की एक सौ अड़तालीसवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण कोविड से होने वाली मौतों की संख्या कम करने में मदद मिली है एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक पीयूष रंजन ने कहा कि कोविड उन्नीस का टीका आ जाने के बावजूद लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उन्होंने बताया कि कोविड टीके का दूसरा डोज लेने के बाद ही इस वायरस के खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है

सबसे अधिक बत्तीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं उन्नीस जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार तीन सौ अठासी है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर छियानवे दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर एक करोड तीन लाख उनसठ हजार से अधिक हो गयी है इस समय देश भर में एक लाख छिहत्तर हजार सक्रिय मामले हैं जो कुल मामलों का केवल एक दशमलव छह पांच प्रतिशत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना को देखते हुए मैट्रिक परीक्षा के लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं परीक्षार्थियों के साथ साथ विद्यालय के सभी कर्मियों के लिये मास्क अनिवार्य किया गया है छात्रों को पानी लाने की छूट दी गयी है साथ ही परीक्षार्थियों के बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है परीक्षा केन्द्रों को समय समय पर सेनेटाईज करने के भी निर्देश दिये गये हैं मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर कॉलेज के पास भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शम्सी को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया घायल का पटना में इलाज चल रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि घायल नेता के बयान पर कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है प्राचार्य और भाजपा प्रवक्ता का कॉलेज का प्रभार देने के सवाल पर विवाद चल रहा था इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने घटना को द्र्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जायेगा

विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा मौसम वैज्ञानिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया सुपौल और दरभंगा में शीत दिवस की स्थिति बनी रही उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के रूख में कोई परिवर्तन नहीं होगा

केन्द्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक फरवरी से सभी रेलगाड़ियां अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलने लगेंगी पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि रेल मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई फैसला नहीं किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विचारों पर वे कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए कल तक अपने सुझाव दे सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं राष्ट्र प्रेम की भावना जाग्रत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाईयों द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है इस साल इसका आयोजन वर्चुअल प्लेफार्म भारत पर्व टू जीरो टू वन डॉट कॉम पर किया जा रहा है यह इकतीस जनवरी तक चलेगा इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया है पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नये पूल को बयालीस महीनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा आज निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पांडेय ने कहा कि पुल का निर्माण पटना और वैशाली दोनों तरफ से निर्बाध रूप से चल सके इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं डाक विभाग प्रदेश के चिन्हित डाकघरों में मिथिला के प्रसिद्ध मखान के विभिन्न व्यंजनों की बिक्री शुरू करेगा पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मखान खीर मखान लावा मखान मिल्कसेक फूल मखान और मखान मिनी मंच समेत पच्चीस से तीस प्रकार के व्यंजनों की बिक्री होगी श्री कुमार ने बताया कि पहले चरण में इसकी शुरूआत पटना जीपीओ से होगी और इसके बाद बहुत जल्द अन्य डाकघरों में भी यह व्यवस्था शुरू की जायेगी मुजफ्फरपुर में कल से शुरू होने वाली सेना भर्ती के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया में पंद्रह जिलों के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं अभ्यर्थियों को कोविड उन्नीस से संक्रमित नहीं होने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा भागलपुर जिले के कदवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने क्ख्यात खोखा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गोलीबारी में उसका एक सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौनी बरियापुर गांव में पैसे के विवाद को लेकर अपराधियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र में दो वाहनों के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी तथा तीन अन्य घायल हो गये बांका जिले के पंजवारा में पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त कर दो तस्करों को गिरफतार किया है वहीं भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से प्रलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली तस्कर को इकतीस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में जल्द शुरू होगी चौरानवे हजार शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया